एक सौ तीस करोड़ लोगों के विकास में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एनडीए सरकार पहले की वायदों की राजनीति से आगे बढ़कर काम करने की राजनीति में विश्वास किया करती है उन्होंने कहा कि मूल प्रशासनिक क्षेत्रों पर ही अधिक ध्यान देने का दौर आ गया है और बेहतर सुशासन के लिए सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए

इसके लिए विकास और सुशासन के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

जहां वे रोटरी संस्थान के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी इसके बाद वे देवास जिले के नेमावर रिथित हथकरघा बुनाई केन्द्र का निरीक्षण करेंगी हैदराबाद दिशा मुठभेड़ हैदराबाद के दिशा दृष्कर्म और हत्या मामले के चारों आरोपी आज तड़के हैदराबाद के पास शादनगर के चट्टनपल्ली इलाके में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सज्जनार ने चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है शुरुआती खबरों में बताया गया है कि पुलिस अपराध की छानबीन के लिए चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की बार बार चेतावनी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे चारों आरोपी ढेर हो गए

यह सम्मेलन दो स्थानों पर होगा जिसके लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और पुलिस अनुसंधान केंद्र का चयन किया गया है इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश में बुरहानपर जिले के आदिम जाति कल्याण थाने को भी सम्मानित किया जायेगा गौरतलब है कि आदिम जाति कल्याण थाने को पिछले दिनों देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में शामिल किया गया था

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में इस मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह संसद भवन परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्वा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उनकी प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित की इधर प्रदेश में भी बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है हमारे विदिशा संवाददाता ने बताया है कि जिले में अम्बेडकर चौराहे स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई वहीं खंडवा रेलवे स्टेशन परिसर में भी डॉ अम्बेडकर को यादकर उनके बताये गये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया पदस्थापना राज्य शासन ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है

फेरबदल के तहत रजनीश कुमार श्रीवास्तव नर्मदापुरम संभाग के नए कमिश्नर होंगे जबकि नर्मदापुरम संभाग के मौजूदा कमिश्नर रवींद्र कुमार मिश्रा को जबलपुर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है इसी तरह होशंगाबाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को मंत्रालय अटैच किया गया है और धनंजय सिंह भदौरिया होशंगाबाद के नए कलेक्टर होंगे उधर संजीव कुमार झा को आध्यात्म विभाग में सचिव बनाया गया है क्रिकेट भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी ट्वेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा वेस्टइंडीज महीने भर के भारत दौरे में टीम इंडिया के साथ तीन टी ट्वेंटी और तीन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी